रैपिड एंटिजन टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा नमूनों की जांच करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जनपदों में कोविड नाइन्टीन का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने पर जोर दिया देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ हुए मरीजों की दर करीब साठ प्रतिशत हुई प्रदेश में कोराना के सक्रिय मामलों की संख्या छह हजार आठ सौ उनहत्तर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड नाइन्टीन की रिथति की समीक्षा के लिए वीडियो काफ्रेंस के जरिए एक वैठक की अध्यक्षता की इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया बैठक में श्री अमित शाह ने रैपिड एंटिजन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर अधिक नमूनों की जांच किए जाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को यह किट भारत सरकार उपलब्ध करा सकती है उन्होंने कोरोना मरीजों की मृत्यु दर कम करने के लिए उन्हें जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा रोगियों को विशेषज्ञों की सलाह प्रदान करने के लिए एम्स टेली मेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे अस्पताल टेली वीडियोग्राफी के जरिए एम्स से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपरों में कोविड नाइन्टीन का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने पर बल दिया है उन्होंने इन जनपदों में आवागमन पर पूरी सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के सभी जिलों में शुरू हुए दस दिवसीय सघन सर्पिलांस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में कोविड हेल्य डेस्क को काफी कारगर बताया उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना को प्राथमिकता देते हुए इनका सुचारू ढंग से संचालन सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की सेवाओं की निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन किए जाएं मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को एम्बूलेंस की सेवा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को भी कोविड अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से ग्रसित न हों मेरठ जनपद में कोविड नाइन्टीन सर्विलांस का कार्य कल से शुरू हो गया जिले में इस कार्य के लिये एक हजार चार सौ टीम लगाई गई हैं प्रत्येक टीम पचास पचास घरों का सर्व करेगी जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि कोरोना के साथ अन्य बीमारियों की भी सघन जांच की जायेगी जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है यह एक नया अनियान शुरू किया गया है

इनका मेन उद्देस्य हर घर में जाकर सर्वे करना है हर मेमर से पूछना है और यह आईबेन्टिवफाइव करना है कि कहीं यो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है या कोई सांस लेने की बीमारी हो या एस्वास्थाईया एल आई किसी भी ग्रसित तो नहीं है अगर ऐसा होता है तो उसको तत्काल उसको आईवेन्दिवप्राइव करते है और जो भी उपचार करना है उसको आईचोतेट करना है क्वारेंटाइन करनी है उनकी सैम्पितिंग करानी है यह सब हमें कराना है और हर घर के बाहर जो है स्टीकर भी लगाया जायेगा ताकि हम लोग भी इसको क्रास चेक कर सके कि हर कर का सर्वे हो बुका है मैन उद्देश्य यह है कि हमें संक्रमण को रोकना है इसकी चेन को तोड़ना है और मृत्युदर को कम करना है बलिया जनपद के नगर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने दस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है उन्होंने इस लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये आवश्यक बताते हुए कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर उन्सठ दशमलव पांच दो प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में ग्यारह हजार आठ सौ इक्यासी रोगी ठीक हुए हैं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या तीन लाख उन्सठ हजार से अधिक हो गई है इस समय देश में दो लाख छबीस हजार नौ सौ सैंतालीस रोगियों का इलाज किया जा रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या चौबीस हजार आठ सौ पच्चीस को पार कर गई है इनमें से सत्रह हजार दो सौ इक्कीस मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल छह हजार आठ सौ उनहत्तर है इस बीमारी से अब तक राज्य में सात सौ पैतीस लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वालों की दर उनहत्तर दशमलव तीन छ प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत दर से कहीं अधिक है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के चौबीस हजार आठ सौ नबे नमूनों की जांच की गई राज्य में अब तक कुल सात लाख इक्यासी हजार पांव सौ चौरासी नमूनों की जांच की जा चुकी है उन्होंने बताया कि राज्य में छः हजार पांव सौ से अधिक कोविड हेल्य डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं कोई भी व्यक्ति इन हेल्प डेस्क पर अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य जांच करा सकता है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जायेगा भारत आत्मनिर्मर तमी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की खा करेगा आजकल दो ही चीज वल रहा है एक है कोरोना और दूसरा है चाइना भारत शांति में विश्वास करता है भारत समसाओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है

लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर कोई भारत के साथ आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिलाकर भी जवाब देना जनता है हमने सबॉ के साथ दोस्ती का हाथ बद्माया तेकिन अगर चीन के लोगों ने तेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिक की जो लाइन ऑफ एक्युअल कन्ट्रोल है जो एल को सी है तो उसके सांवे का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिस की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया केंद्र सरकार ने प्रत्येक नागरिक को दो हजार रुपये की सहायता राशि दिये जाने से संबंधित व्हाट्सएप संदेश का खंडन किया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस संदेश को फर्जी बताते हुए कहा कि संदेश में दिया गया वेबसाइट का पता भी गलत है उधर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर भ्रामक समाचार फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है अब तक फेक न्यूज के एक हजार छः सौ पैतालीस मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गयी है पीसीडीए पेंशन के दो लेखाधिकारियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिये कल रक्षा मध्य कमान की ओर से प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया यह सम्मान वरिष्ठ लेखाधिकारी एस बासुमातारी और लेखाधिकारी एमए फारूखी को पेंशन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया गया इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल आईएम लाम्बा जनरल ऑफीसर कमांडिंग सब एरिया प्रयागराज ने इन दोनों अधिकारियों को बैच लगाकर प्रशास्ति पत्र प्रदान किये कार्यक्रम का संचालन अपर नियंत्रक सुशील कुमार सिंह द्वारा किया गया कार्यक्रम में नियंत्रक मयंक बिष्ट वित्तीय सलाहकार सेन्ट्रल एयर कमांड मिनीश्री बिष्ट सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे

इसके लिए धनराशि विकास खंड स्तर पर उपलब्ध करा दी गयी है जिलाधिकारी आश्तोष निरंजन ने तत्काल धनराशि का भुगतान महिला स्वयं सहायता समूहों को करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों के लिए पोशाक तैयार की जा सके प्रत्येक छात्र को दो जोड़ी पैन्ट शर्ट और प्रत्येक छात्रा को दो जोड़ी स्कर्ट शर्ट दी जानी है महोबा के जिलाधिकारी ने जनपद में बिना अनुमति के शादी समारोह के आयोजनों पर रोक लगाने के निर्देश हैं उन्होंने कहा की सभी सम्बंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि शादी समारोह में तय सीमा में ही भीड़ जुटे कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में बीती रात बदमाशों ने दबिश देने गयी पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसमें आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये